इसके माध्यम से स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर बड़े सुधारों का लक्ष्य है साथ ही ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करना है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान कर सके राज्यपाल सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री विश्वविद्यालयों के क्लपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे

सरकार अगरबत्ती उद्योग में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये कारीगरों को प्रशिक्षण कच्चे माल और वित्तीय सहायता के माध्यम से प्रोत्साहित कर रही है इस पहल से करीब डेढ हजार कारीगरों को बढी हुई आमदनी के साथ रोजगार मिल सकेगा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हाथ से अगरबत्ती बनाने वाले और प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता दी जायेगी

इसके लिये इन स्थलों की प्रबंधन समितियों द्वारा तैयारियां की जा रही है कल खुलने वाले धार्मिक स्थलों में दर्शनार्थियों को कुछ शर्तों के साथ ही प्रवेश दिया जायेगा करौली जिले का कैलादेवी और मदनमोहन जी मंदिर कल से दर्शनार्थियों के लिये खुल रहा है सामाजिक दूरी की पालना और श्रद्वालूओं की सुविधा को देखते हुये मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग की गई है जैसलमेर के रामदेवरा मंदिर में मंदिर समिति के पदाधिकारियों और प्रशासन ने मिलकर सरकारी गाईडलाइन की पूरी पालना करने और सावधानी बरतने संबंधी सभी इंतजाम कर लिये हैं

वहीं दूसरी ओर कुछ धार्मिक स्थल कल से नहीं खोले जा रहे हैं राजसमन्द का प्रसिद्ध श्रीनाथजी मंदिर फिलहाल श्रद्धालुओं के लिये नहीं खुल सकेगा

राजधानी जयपुर के गोविन्द देव जी और मोती डूंगरी गणेश मंदिर अभी श्रद्धालुओं के लिये नहीं खोले जायेंगे

पहले चरण में मैट्रो दो पारियों में चलेगी

कन्टेन्मेन्ट क्षेत्रों में मैट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे मैट्रो स्टेशनों पर प्रवेश से पहले पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी इसके साथ ही यात्रियों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा मास्क पहनते हए एहतियाती उपायों का पालन करना होगा

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी के यादव ने बताया है कि रेलवे वर्तमान में संचालित सभी ट्रेनों की निगरानी कर पता लगायेगा कि किन ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची लंबी है उन्होने यह भी बताया कि परीक्षा या अन्य किसी भी उद्देश्य के लिये राज्यों से अनुरोध मिलने पर रेलवे ट्रेनों का परिचालन करेगा

चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने आज भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये

एक दिन में ठीक होने वालों की यह अब तक की सबसे अधिक संख्या है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले दो महीनों में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या चार गुना हो गई है देश में कल लगातार चौथे दिन दस लाख से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई लगभग एक हजार छह सौ बावन प्रयोगशालाओं में इन नमूनों की जांच की गई

खान और पैट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने आज यह जानकारी देते हुये बताया कि राज्य सरकार ने रॉयल्टी ठेकों की नीलामी प्रकिया को पारदर्शी बनाने छीजत रोकने और अधिक राजस्व प्राप्त करने की कवायद शुरू कर दी है इससे इच्छुक बोलीदाता दुनिया में कहीं से भी नीलामी में हिस्सा ले सकेगा राज्य संरकार को इससे करीब एक हजार करोड़ रूपये से अधिक राजस्व प्राप्ति होने का अनुमान है श्री अग्रवाल ने बताया कि सरकार प्रदेश में बजरी सहित अन्य खनिजों से राजस्व की छीजत रोकने के लिये सख्त कदम उठा रही है

यह राशि उन्होने भूमि नामांतरण के एवज में मांगी थी

नागौर में आज दोपहर बाद मूसलाधार वर्षा हुई

उन्होने कहा कि देश में शिक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयास जारी रहेंगे और कोरोना संकट से उत्पन्न चुनौती को कम किया जाएगा बैठक के बाद शिक्षामंत्रियों ने एक संकल्प पत्र जारी किया इसमें दूरस्थ और मिश्रित शिक्षा तथा शिक्षकों डिजिटल ढांचे और पाठ्य सामग्री के पेशेवर विकास पर जोर दिया गया है

वे केरल स्थित एडनीर मठ के प्रमुख थे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर द्ख जताते हये एक ट्वीट संदेश में कहा कि देश में उपेक्षित लोगों को अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में केशवानंद भारती के योगदान को हमेशा याद रखा जायेगा गौरतलब है कि केशवानंद भारती को उच्चतम न्यायालय के उस ऐतिहासिक फैसले में भूमिका के लिये सबसे अधिक जाना जाता है जिसमें कहा गया था कि संविधान के बुनियादी ढांचे को बदला नहीं जा सकता

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक टवीट संदेश के माध्यम से उन्हें नमन किया है

बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें